यह दिन बुराई पर अच्छाई असत्य पर सत्य और अन्याय पर न्याय की जीत का प्रतीक है भगवान श्री राम ने विजयादशमी पर ही रावण का वध किया था इसके प्रतीक स्वरूप विभिन्न भागों में अब से कुछ देर बाद रावण दहन कार्यक्रम पारम्परिक आस्था और विश्वास के साथ सम्पन्न होगा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर राजधानी शिमला के जाखू मंदिर परिसर में रावण दहन की रस्म निभाएंगे इस बीच राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों को दशहरा पर्व की बधाई दी है कुल्लू दशहरा दूसरी ओर कुल्लू का अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव आज से आरंभ हो गया है सप्ताहभर चलने वाले इस देव समागम में भाग लेने के लिए जिले के विभिन्न भागों से देवी देवता ढालपुर पहुंचे हैं विजय दशमी से शुरू होने वाला कुल्लू दशहरा पूर्णिमा के दिन सम्पन्न होता है भगवान रघुनाथ जी के छड़ीबरदार महेश्वर सिंह ने बताया कि कुल्लू दशहरा उत्सव की अनूठी परम्पराएं हैं जिनका यहां निर्वहन किया जाता है अनुराग ठाक्र केन्द्रीय वित्त व कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोगों को दशहरा पर्व की बधाई दी है एक बयान में उन्होंने कहा कि इस पावन अवसर पर सभी को स्वस्थ समाज के निर्माण का संकल्प लेना चाहिए उन्होंने कहा कि हम सभी अपने आस पास व्याप्त छोटी छोटी बुराईयों और कुव्यवस्था के खिलाफ अभियान चलाकर इस पर्व को और सार्थक बना सकते हैं अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्लास्टिक फी इंडिया और स्वच्छ भारत अभियान में भी लोगों से बढ़चढ़ कर योगदान देने की अपील की है उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार आम लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए लगातार हर जरूरी कदम उठाने के साथ साथ भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है पूजा अर्चना मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने बिलासपुर में धौलरा के प्रसिद्ध नाहर सिंह मंदिर में आज पूजा अर्चना की इस अवसर पर एक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किया गया जगत प्रकाश नड़डा की धर्मपत्नी मलिका नड़डा सहित प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती विधायक सुभाष ठाक्र जीतराम कटवाल और राजेन्द्र गर्ग सहित पार्टी के अन्य नेता भी इस दौरान मौजूद रहे आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने आज अपना स्थापना दिवस मनाया

इस अवसर पर प्रदेशभर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए सोलन में संघ स्वयं सेवकों ने सशस्त्र परेड का आयोजन किया प्रांत कार्यवाहक सुनील ने सभी से नशे को समाप्त करने के लिए एकजुट होकर कार्य करने पर बल दिया चंबा में भी संघ ने शस्त्र पूजन व पथ संचलन का आयोजन किया इस दौरान स्वयं सेवियों को हिन्दृत्व की शपथ भी दिलाई गई मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के स्थापना दिवस सभी स्वयं सेवकों को बधाई दी है साक्षरता स्टॉल राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण की योजनाओं से लोगों को अवगत करवाने के लिए कुल्लू में अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव में प्रदर्शनी स्टॉल स्थापित किया गया है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति धर्मचंद चौधरी ने आज इसका शुभारंभ किया सेवादल धर्मशाला उपच्नाव में कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार के लिए कांग्रेस सेवादल ने पदाधिकारियों को जिम्मेवारी सौंपी है

उन्होंने कहा कि इस दौरान पदाधिकारियों व सदस्यों को जरूरी दिशा निर्देश दिए जाएंगे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 हिमपात के चलते रोहतांग दर्रे पर बड़े वाहनों की आवाजाही आज दूसरे दिन भी बाधित रही पिछले कुछ दिनों के दौरान चोटियों पर हए हिमपात के चलते राज्य के अनेक भागों में तापमान में गिरावट आई है

राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में दोपहर बाद हल्की ब्रंदाबांदी भी हुई है

इस दौरान फेक न्यूज को जांचने व परखने के तरीकों की जानकारी मीडिया कर्मियों को दी जाएगी गूगल के प्रमाणित ट्रेनर दीपक खजुरिया मीडिया कर्मियों को जरूरी प्रशिक्षण प्रदान करेंगे